राज्यसभा सदस्य जेठमलानी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने एक प्रख्यात न्यायविद् पांडित्यपूर्ण व्यक्तिववान और बुद्विजीवी को खो दिया है उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने कहा कि देश ने एक ऐसे प्रख्यात न्यायविद महान बुद्धिजीवी और देशभक्त को खो दिया है जो अपनी अंतिम सांस तक सक्रिय था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राम जेठमलानी के निधन से देश ने एक असाधारण वकील और सार्वजनिक व्यक्तित्व को खो दिया है जिसने संसद और न्यायालय दोनों में ही उल्लेखनीय योगदान दिया था श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों की स्वतंत्रता के लिए उनकी दृढ़ता और संघर्ष को सदा याद किया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम जेठमलानी के निधन पर श्रद्दांजलि अर्पित की है

कल जबलपुर प्रवास के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सफलता और असफलता के बीच थोड़ी सी दूरी होती है हमारे वैज्ञानिकों ने कमियों को ढूंढ लिया है इसलिये अगली बार यह मिशन जरूर कामयाब होगा श्री मिश्रा ने जबलपुर के मॉडल स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला एवं ब्रह्मोस छात्रावास का लोकार्पण किया गौरतलब है कि जबलपुर निवासी डॉक्टर मिश्रा ने मॉडल स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण की थी समीक्षा रीवा राज्य के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती कल रीवा और शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक लेंगे इस बैठक में वर्षा की स्थिति आपदा राहत वितरण राजस्व प्रकरणों के निराकरणों बीमारी से बचाव के लिये किये जा रहे उपायों मिलावट के विरूद्व जारी अभियान अवैध खनिज उत्खनन की रोकथाम सड़कों की मरम्मत बिजली आपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी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

पोषण माह राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सितंबर माह को मध्यप्रदेश में भी पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है पूरे माह के दौरान मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला तहसील स्तर से लेकर आंगनवाड़ियों तक में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं खंडवा जिला मुख्यालय पर इस संबंध में जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने पोषक तत्वों के बारे में बताया कटनी जिले में पोषण अभियान को तीज त्यौहारों से जोड़ा गया है जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चौपाल लगाई जा रही है जिसमें पोषण के महत्व के बारे में लोगों को बताया जा रहा है आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंवला मूनगा अमरूद नीबू जैसे फलदार वृक्ष लगाये जा रहे हैं जिले के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी की जायेगी

इस मौके पर भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं

उन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश स्थानीय कर्मचारियों को दिये

इसमें मुकदमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकृति के प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा जाएगा